केनुद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के म्ख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर क्छेक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गये हैं इसके तहत अब राज्य सरकारें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अन्रूप अपने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकेंगी

यह परीक्षाएं दिल्ली के पूर्वी इलाके के साथ साथ पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी

इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी को मास्क पहन कर जाना होगा और सेनिटाइजर भी ले जाना होगा बोर्ड के अन्सार एक ज्लाई को होम साइंस दो ज्लाई को हिंदी तथा सात ज्लाई को इनफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिकल कंप्यूटर साइंस प्राना कंप्यूटर साइंस नया और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर होंगे

जबलप्र रेलवे स्टेशन से बिहार के सीतामढ़ी स्टेशन के लिए आज एक स्पेशल ट्रेन रवाना हई

कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी पूर्णबंदी में श्री मोदी की यह तीसरी मन की बात होगी

बताया जाता है कि बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगी है फिलहाल प्लिस ने प्रकरण दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच श्रू कर दी गई है सूत्रों ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भीषण आग की चपेट में हई बच्चों की मौत पर द्ख व्यक्त किया है

भोपाल में भी मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक हो गयी है रायसेन जिले में आज एक महिला और एक य्वती में कोरोना पॉजिटिव का मामला प्रकाश में आया है

सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव में एक स्कूल के क्वॉरेंटाइन सेंटर में महाराष्ट्र के मुंबई से आए एक य्वक की आज मौत हो गयी

खण्डवा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

जिन्हें आज जिला प्रशासन ने घर भेज दिया सतना जिले के चित्रक्ट में दीनदयाल शोध संस्थान एवं राष्ट्र सेविका समिति दवारा प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं झाब्आ जिले में आज चार और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गये

शिवपुरी जिले में आज बाजार में सभी द्काने खोलीं गई पर्यटन स्थल बांधवगढ ग्राम ताला के रेनबों रिसार्ट में क्वारेटाईन सेंटर बनाया गया है